सोलन ज़िले के कुनिहार में आयोजित मुख्य समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ध्वजारोहण किया और पुलिस होमगार्ड एनसीसी स्वाउटस एंड गाईड व स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली उन्होंने प्रदेश के विकास में लोगों की भागीदारी और सहयोग को जरूरी बताया

पूर्ण राज्यत्व दिवस का मुख्य समारोह कुनिहार में ध्रमधाम व हर्षोल्लास से मनाया गया

प्रदेश के विकास के लिए केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए सहयोग के लिए जयराम ठाकुर ने उनका आभार जताया

इस मौके मुख्यमंत्री ने अर्की में पथ परिवहन निगम के उप डिपो खोलने और कुनिहार पुलिस चौकी को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने की घोषणा की जयराम ठाकुर ने एक ब्रटा बेटी के नाम कार्यक्रम के तहत अर्जुन का पौधा भी रोपित किया और पोषण अभियान व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यकम के तहत हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक उपलब्धियों को दर्शाती प्रदर्शनियां और झांकियां भी आकर्षण का केन्द्र रहीं कुनिहार से लक्ष्मीदत्त शर्मा के साथ मैं प्रभा शर्मा आकाशवाणी समाचार शिमला बधाई इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि प्राकृतिक सुंदरता व बहादुरी वाले इस राज्य में आने वाले वर्षों में और भी समृद्धि आए उन्होंने राज्य के लोगों की खुशी व अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की है पुरस्कार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सुरक्षा दस्ते में तैनात उप निरीक्षक संजय कुमार गुलेरिया को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है संयज गुलेरिया वर्तमान में मुख्यमंत्री के सुरक्षा दस्ते में कम्युनिकेशन ऑफिसर के पद पर सेवाएं दे रहे हैं वे मंडी ज़िला के धर्मपुर क्षेत्र के गरली गांव से संबंधित हैं गुलेरिया ने किन्नौर ज़िला के वांगतू और कुल्लू के शॉट में आई बाढ़ के दौरान राहत कार्यो में सराहनीय प्रदर्शन किया है इसके अलावा उन्होंने सतलुज नदी में पारछू झील के कारण आई बाढ़ के समय भी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं

राष्ट्रपति का भाषण पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होगा राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित होगा

राज्यपाल आचार्य देवव्रत समारोह की अध्यक्षता करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहेंगे गणतंत्र दिवस पर जिला स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे

इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार के मतदाता दिवस का शीर्षक रखा गया है मतदान से न छूटे कोई मतदाता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी क्षेत्र के लोगों से मतदाता पंजीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया है इस अवसर पर प्रदेश भर में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए शिमला में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्र भूषण बारोवालिया ने कहा कि मतदाता दिवस देश के सभी मतदाताओं को चुनाव में भागीदारी के संकल्प का स्मरण करवाता है उन्होंने कहा कि मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग भयमुक्त होकर करना चाहिए ताकि मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो सके न्यायमूर्ति चंद्र भूषण बारोवालिया ने नए मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचानपत्र भी प्रदान किए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीके रतन ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में कड़ाके ठंड के बावजूद मतदाता दिवस आयोजित किया गया इस दौरान एसडीएम नागरिक अमर नेगी ने मतदाताओं को लोकतांत्रिक परम्पराओं को बनाए रखने की शपथ दिलवाई

चंबा में हुए समारोह में अतिरिक्त उपायुक्त हेमराज बैरवा ने युवा मतदाताओं को मताधिकार के प्रति जागरूक होने पर बल दिया इस दौरान जिले के युवा मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र भी वितरित किए गए मतदाता दिवस पर कुल्लू में आयोजित कार्यक्रम में एडीएम अक्षय सूद ने कहा कि निर्वाचन प्रकिया में आम लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है बिलासपुर के राजकीय स्नात्कोतर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त विवेक भाटिया ने नए पंजीकृत मतदाताओं को फोटो पहचानपत्र वितरित किए ऊना में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उन्हें अवश्य मतदान करना चाहिए मौसम प्रदेश में एक दिन मौसम साफ रहने के बाद आज राजधानी शिमला सहित उंचाई वाले इलाकों में फिर हिमपात होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है लाहौल स्पीति जिले में हिमपात से कई भागों में बिजली व पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है

घाटी के अंदरूनी भागों में बंद सड़कें न खुलने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लाहौल में हिमखंड गिरने का खतरा बना हुआ है कुल्लू जिले की उंची चोटियों पर हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा का समाचार है

कुल्लू के एडीएम अक्षय सूद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमस्खलन की आशंका को देखते हुए पर्यटकों को उंचाई वाले इलाकों पर न जाने की सलाह दी है

चंबा किन्नौर और सिरमौर जिलों के ऊपरी क्षेत्रों में भी हिमपात हो रहा है राजधानी शिमला सहित साथ लगते पर्यटक स्थलों में आज सुबह हिमपात होने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है निचले इलाकों में कई स्थानों पर वर्षा का समाचार है